केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से होंगी उम्मीदवार

नवरात्र में गठबंधन के संयुक्त प्रचार की होगी शुरूआत

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकेटेश्वर लू ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ नैतिक मतदान पर विशेष बल दे रहा है श्री लू आज लखनऊ में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा आयोजित कार्यशाला में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे लोकतंत्र में वोट के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन और मजबूती के लिए मतदान के महत्व के प्रति लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जानी चाहिए श्री लू ने कहा कि मीडिया इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकता है उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के साथ साथ इस बार नैतिक मतदान पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित और विवेकशील लोगों को राजनीति में ताकत मिल सके और वह संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मज़बूत कर सकें श्री लू ने कहा कि निर्वाचन आयाग ने आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदान साक्षरता क्लब बनाने सहित कई उपाय किये हैं

चुनाव पाठशाला भी बनाये हैं

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि वह निर्भीक होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का समझदारी से उपयोग करें कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रहमदेव राम तिवारी और संयुक्त निर्वाचन अधिकारी अलका वर्मा ने चुनाव के दौरान मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों और आचार संहिता पर विस्तृत बातचीत की इस अवसर पर आकाशवाणी के उपमहानिदेशक प्रेम प्रकाश शुक्ला क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रमुख दिलीप शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार रामसागर शुक्ल और वीर बहादुर विकम मिश्र ने भी उद्गार व्यक्त किये कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी ने किया सुल्तानपुर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के निर्देश प पर सभी उपज़िलाधिकारियों और दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित कर मतदान केन्द्रों तक लाने और ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था करने का निर्देश दिया है इस कम में सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में नौ हजार चार सौ उन्चास दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है दिव्यांग कल्याण विभाग ने ऐसे मतदाताओं को अब तक लगभग साढ़े पांच हजार सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा चुका है उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम चुनावों के नतीजे घोषित करने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र की पचास प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का मिलान मतदान प्रष्टि पर्ची वीवी पैट से करने के विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से न्यायालय की सहायता के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहा है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अपना दल राज्य में दो सीटों पर चुनाव लड़ेगा केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल मिज़ापुर से प्रत्याशी होंगी जबकि एक अन्य सीट पर अपना दल पार्टी नेताओं से विचार विमर्श के बाद उम्मीदवार की घोषणा करेगा समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव क लिए आज अपने पांच और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है पार्टी ने संभल संसदीय सीट से शफ़ीक उर रहमान बर्क़ को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि कैराना सीट से तबस्सुम हसन चुनाव मैदान में उतरेंगी श्रीमती हसन पिछले साल हुए लोकसभा के उपचुनाव में इसी सीट से चुनी गई थीं पार्टी ने गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र से सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है बाराबंकी सुरक्षित सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार इस क्षत्र से सांसद रह चुके रामसागर रावत को टिकट दिया है वहीं गोंडा संसदीय सीट से प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पडित सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब तक सोलह प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है इस बीच सपा बसपा चुनाव अभियान के तहत नवरात्रि से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से चुनाव रैली आयोजित करने का फसला भी किया है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

आसियान और आसियान प्लस देशों की सशस्त्र सेनाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर आयोजित फील्ड इंटीग्रेशन ट्रेनिंग मेडेक्स का अभ्यास प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हो गया कैन्टोनमेंट स्थित सूर्या खेल परिसर में विभिन्न देशों की सेनाओं के आपात काल में किये जाने वाले बचाव और चिकित्सा संबंधी कार्यो की झलक देखने का मिली ग्यारह मार्च से शुरू हुये इस अभ्यास का कल पासिंग आउट के साथ समापन समारोह होगा छह दिवसीय इस अभ्यास के अन्तर्गत सेना की विभिन्न इकाईयों ने युद्धकाल की परिस्थितियों के दौरान मिलजुल कर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने का अभ्यास किया इस दौरान केमिकल हमले भूकंप की स्थिति और आपदा के दौरान लोगों को बचाने क लिए अस्पताल तैयार करने की मॉक ड्रिल की गयी इस अभ्यास में भारत सहित सोलह देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के गांधीनगर में ग्राम भारती में आज राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार प्रदान किये

पुरस्कार पाने वालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान को सराहना की और कहा कि ग्राम स्तर पर नवाचार में लगे तीन लोग इस साल के पदम पुरस्कारों के लिए भी चुने गये हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह पहले केन्द्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णय लेगा और इसके बाद रफाल लड़ाकू विमान सौदे के तथ्यों पर विचार करेगा प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले अवैध रूप से हासिल किये गए गोपनीय दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकते मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में बतायी जायेगी करतारपुर गलियारे से होकर श्रद्धालुओं के पाकिस्तान स्थित गुरूद्वारा करतारपुर साहिब आने जाने के तौर तरीकों और मसौदा समझौते पर कल अटारी में दोनों देशों के बीच पहली सकारात्मक बातचीत हुई भारतोय प्रतिनिधि मंडल ने श्रद्धालुओं क वीजा के बग़ैर प्रवेश का सुझाव दिया और साथ ही उन्होंने गुरूद्वारा करतारपुर साहिब तक पैदल जाने की अनुमति देने की मांग भी की भारत पाक के तकनीकी विशेषज्ञों में भी प्रस्ताावित गलियारे के रेखांकन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है

आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है